राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ भारत प्रस्कार वितरित किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस में सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए एक अरब डालर की सहायता देने की घोषणा की

भारत के इतिहास के पन्नों में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है

किसी भी भारतीय चन्द्रयान दवारा चन्द्राम पर ये पहली उतराई होगी आज रात एक से दो बजे के बीच ये चन्द्रमा पर उतरेगा

इसरो के अध्यक्ष डा के सीवन ने बताया कि इसरो इस प्रक्रिया को पहली बार करने जा रहा है वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर को चांद की सतह पर उतारने में उसकी गति धीमी करने और उसे संत्लित करने के लिए पांच थरस्टर लगाए गए है उतरने के लगभग साढ़े चार घंटे के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान अलग होगा रोवर चांद के बारे महत्वपूर्ण जानकारी भेजेगा

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ भारत प्रस्कार प्रदानकिए जम्मू कश्मीर में स्थापित वैष्णोदेवी को सबसे स्वच्छ रहने का प्रस्कार दिया गया वहां शौचालयों के रख रखाव स्वच्छ पाये गये रेल मंत्रालय को स्वच्छ क्रिया योजना के अंतर्गत स्वच्छ प्रस्कार दिया गया स्वच्छ पखवाड़ा प्रस्कार रक्षा विभाग को दिया गया निजी क्षेत्र भागीदारी भागीदारी में पावर ग्रिड निगम को प्रस्कृत किया गया

इस अवसर पर बोलते हये राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान लोगों का अभियान बन गया है इस मुख्य कारण है कि ये सरकार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय का अभियान बन गया है उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार दवारा श्रू किए गये जल जीवन मिशन में भी सफाई की मुख्य घ्येय है राष्ट्रपति ने कहा कि प्रे देश में शौचालय बनने से महिलाओं की गरिमा बरकरार हई है उन्होंने कहा कि सफाई की सफलता का रास्ता है उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड्र ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की मुख्य भाषणों पर छपी किताबों के द्रसरे संस्करण का विमोचन किया

इस अवसर पर बोलते हये श्री नायड़ ने कहा कि भारत ने लोगों को गुणवत्ता परक जीवन शैली देने के लिए लोकतंत्र का मार्ग च्ना है राष्ट्रपति श्री कोविंद का लोकतंत्र में अडिग विश्वास है श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति ने राष्ट्र को किसानोंवैज्ञानिकों व्यवसायी और वीर जवानों की याद दिलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लिंग अन्पात बढ़ाने के मद्देनज़र हरियाणा और दिल्ली राज्यों को स्म्मानित किया गया इसी योजना में पूरे देश से नौ जिलों को सम्मानित किया गया है जिनमें हरियाणा के महेन्द्रगढ़ और भिवानी भी शामिल है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस के दो दिवसीय दौरे से आज भारत लौट आये है इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्लादिवोस्तोक में पांचवे पूर्वी आर्थिक मंच में भाग लिया और विश्व के कई नेताओं से दविपक्षीय बातचीत की पूर्वी आर्थिक मंच में सत्र को सम्बोधित करते ह्ये श्री मोदी ने सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए एक अरब अमरीकी डालर ऋण स्विधा देने की घोषणा की

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित व्लादिवास्तोक चेन्नई सम्द्री मार्ग के श्रू होने से दोनों देशों के बीच सम्बध और मंजबूत होंगे श्री मोदी ने पूर्वी आर्थिक मंच पर पचास से अधिक व्यापरिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता जताई

वे जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वहां पहुंचे थे

सिरसा में म्ख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी भी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जायेगा और सभी लोगों की स्रक्षा की जायेगी म्ख्यमंत्री जन आर्शीवाद यात्रा के दौरान लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से करनाल ग्रूग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों का विकास करवाया है उसी तर्ज पर सरकार ने सिरस का भी विकास करवाया है

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सभी वर्गो का ख्याल रखा है चाहे महिला हो खिलाड़ी हो ब्र्जग हो हर वर्ग की समरूयाओं का हल करने का काम किया है उधर फतेहाबाद में जन आर्शीवाद यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से सरकार चलाई गई है और किसी का भी पक्ष नहीं लिया है

इसी तरह रतिया में भी मुख्यमंत्री की जन आर्शीवाद यात्रा का स्वागत किया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हर रसोई में गैस सिलिंडर पहँचाने का काम किया है

हरियाणा में सड़कों का निर्माण और रख रखाव एक ही मापदंड पर सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य मार्गो के साथ साथ अब ग्रामीण आंचल में छ करम व इससे अधिक चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्गो को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की नीतिगत निर्णय लिया है

हरियाणा के अमिताभ माईनिंग डायरेक्टर ढिल्लों ने बीती शाम यम्नानगर जिले के माईनिंग जोन का औचक निरीक्षण किया श्री ढिल्लों ने खनन जोन के बेलगढ़ आदि में अधिकारियों के साथ जाकर जानकारी ली इस दौरान उनहोंने कलेसर रेस्ट हाउस में प्रतातनगर बूडिया छछरौली सढौरा व बिलासप्र थानों के प्रभारियों की बैठक ली